नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों और उत्तर बिहार में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है उत्तर बिहार कोसी और सीमांचल के नये इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है दरभंगा मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है बागमती और अधवारा समूह की नदियों का पानी इन जिलों के शहरी इलाकों में प्रवेश कर गया है दरभंगा जिले के सभी प्रखंड बाढ़ग्रस्त हैं अधवारा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से साढ़े तीन मीटर ऊपर है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार कोसी और महानन्दा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है इसके कारण बाढ़ पीड़ितों को राजमार्गों और ऊंची जगहों पर शरण लेनी पड़ी है इधर पूर्वी चंपारण के सुगौली के पास त्रिवेणी नहर का बांध टूट जाने से शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है वहीं मुजफ्फरपुर के विशनपुर में लखनदेई और मुसहरी में औराई नदी पर बना तटबंध टूट गया है जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं पश्चिम चंपारण में सिकरहना नदी का पानी फैलने से लौरिया रामनगर और लौरिया नरकटियागंज पथ पर आवागमन प्रभावित हुआ है बगहा में गंडक सहित सभी पहाड़ी नदियां उफान पर हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बाहर जिलों में बयासी लाख से अधिक की जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक एक सौ तेईस लोगों की मौत हो चुकी है प्रभावित जिलों में बयालीस राहत शिविरों में बाईस हजार से ज्यादा लोग रह रहे हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल राहत और बचाव कार्यों लगे हैं बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री मुहैया कराने के लिए दो हेलीकॉप्टरों की सेवाएं ली जा रही हैं बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में दो सौ इक्कीस करोड़ साठ लाख रूपये की वसूली के लिये नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है इस संबंध में भागलप्रर कल्याण कार्यालय ने नीलाम पत्र दायर किया है आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि नीलाम पत्र कार्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन हो रहा है पिछले दिनों जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में हुयी बैठक में घोटाले से जुड़े विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से राशि वापसी के लिये मनी सूट और नीलाम पत्र दायर करने का फैसला किया गया था प्रदेश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अगस्त महीने की पहली तारीख से शुरू होगा निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पूनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अठारह वर्ष की आयु पूरा करने वाले नये मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने का मौका मिलेगा अठारह वर्ष की आयु की गणना पहली जनवरी दो हजार बीस के आधार पर की जायेगी लोग अपने नाम और पते में भी परिवर्तन करवा सकते हैं इसके अलावा पूर्व में जिन लोगों का नाम सूची में शामिल नहीं किया गया वे भी बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन आवेदन देकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं प्नरीक्षित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पहली जनवरी दो हजार बीस को होगा इसी मतदाता सूची के आधार पर अगले वर्ष होने वाला विधानसभा चुनाव होगा संसद ने सूचना अधिकार संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को पारित कर दिया है कल राज्य सभा ने भी विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट के बीच इस विधेयक का अनुमोदन कर दिया लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चूकी है इस विधेयक में केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयोग के आयुक्तों के सेवा कार्यकाल वेतन भत्तों और अन्य शर्तों के बारे में नियम बनाने के निर्णय का अधिकार केन्द्र सरकार को दिए जाने का प्रावधान है विधानसभा ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक पारित कर दिया है विधेयक में बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी को बनाने का प्रावधान है साथ ही बोर्ड में विभिन्न कार्यो के लिये सात अलग अलग विभागहोंगें शैक्षणिक मामलों को देखने और निगरानी के लिये अलग अलग अधिकारियों की तैनाती होगी वहीं सदन ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को भी पारित कर दिया है आज करगिल विजय दिवस की बीसवीं जयंती है उन्नीस सौ निन्यानवे में करगिल से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर उसे दोबारा अपने नियंत्रण में लेने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन विजय आज ही के दिन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ था इस युद्ध में बड़ी संख्या में बिहार के जवान शामिल थे जिनमें से अठारह जवानों ने अपनी शहादत दी थी एक रिपोर्ट बाईट करगिल युद्ध के समय जो लोग युद्ध के मोर्चे पर तैनात थे वे आज भी गर्व से भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी और साहस को याद करते हैं आकाशवाणी से बातचीत में भोजपुर निवासी एक प्रर्व सैनिक सुरेश सिंह ने बताया कि तोपों के साथ उनमें भारी उत्साह था

श्री सिंह करगिल युद्ध के बाद से सेना के आध्यनिकीकरण हथियारों और युद्ध की रणनीति में आये बदलावों से काफी संतृष्ट दिखते हैं पहले से सेना के युद्ध करने की जो हथियारे हैं वे काफी दुरुस्त हैं और विशेष जितना भी है उनकी रखरखाव देखरेख फर्सट क्लास है पहले से करगिल युद्ध विजय दिवस के उपलक्ष्य में राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर राहीद सैनिकों के बलिदान को याद किया जा रहा है धर्मेन्द्र कुमार राय आकाशवाणी समाचार पटना इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि करगिल विजय दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है दानापुर रेजिमेंटल सेंटर में इस अवसर पर विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है भागलपुर जिले की एक सत्र अदालत ने चर्चित हिमांशु हत्याकांड मामले में उन्नीस लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के परसरमा गांव से पुलिस ने दो किलो नेपाली गांजा के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है रोहतास जिले के दावथ थाना क्षेत्र अंतर्गत मलियाबाग में बच्चा चोरी करने के आरोप में स्थानीय लोगों ने दो महिलाओं की ब्री तरह पिटाई कर दी मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां तीन तलाक बिल को लोकसभा और सूचना अधिकार संशोधन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किये जाने की खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान लिखता है तीन तलाक बिल तीसरी बार लोकसभा से मंजूर जदयू ने विधेयक का विरोध किया प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है तीन तलाक को आपराधिक बनाने वाले बिल पर विपक्ष के सभी संशोधन खारिज दैनिक जागरण की सुर्खी है राज्यसभा में टूटी विपक्षी एकता आरटीआई बिल हो गया पारित दैनिक भास्कर ने लिखा है औरंगाबाद के जंगल में तीन घंटे मुठभेड़ जान बचाकर भागे नक्सली तीन मारे गये आज ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल दुष्कर्म मामलों के निपटारे के लिये विशेष अदालतों के गठन के निर्देश से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है पीठासीन सभापति रमा देवी पर आजम खान की अमर्यादित टिप्पणी लोकसभा में हंगामा